मुख्यमंत्री को भी जल्द ही मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

भोपाल सहित कई जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना

इसके साथ ही कोरोना जांच के सेंपल भी लिये जा रहे हैं राज्य में कल से एक मास्क एक जिंदगी अभियान भी शुरू हो गया है इसमें लोगों को कोरोना से बचाव और जागरूकता के बारे में जानकारी दी जा रही है भोपाल सहित राज्य के सभी जिलों में ईद उल अजहा का त्यौहार परम्परागत तरिके से पारस्परिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मनाई गई वहीं कल रक्षाबंधन का पर्व भी संकमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए मनाए जाने की लोगों से अपील की गई है हमारे इंदौर संवाददाता ने बताया है कि रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद शहर में बाजार खुले रहे इंदौर जिले में कोरोना संकमितों की संख्या साढ़े सात हजार से अधिक हो गई है

राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी की वे स्वस्थ हैं और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी आज शहर की सड़कों पर वाहनों की मामूली आवाजाही देखी गई और अधिकांश दुकाने बन्द थी

जबलपुर के मेडीकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा रही है

आगरमालवा जिले में आज टोटल लॉकडाउन किया गया है

शिवपुरी में आज बाजार खुले रखे गये

शिक्षा नीति कांग्रेस कांग्रेस ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पर संसद में विचार विमर्श नहीं किया गया और ना ही इसके कार्यान्वयन में कोई पारदर्शिता बरती गई है

उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की गई है

यह पर्व कल प्रदेश में भी परम्परागत विधि विधान और हर्षोल्लास के बीच मनाया जाएगा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश बाजारों में राखी और मिठाई की दुकानें बंद होने के बावजूद लोगों ने इस पर्व को मनाने की तैयारियां पहले ही कर ली थी लॉकडाउन के कारण अनेक समाजसेवी संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से राखी बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसके कारण घर पर ही भाईयों की कलाइयों पर सजने वाली राखियां तैयार कर ली गई वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण जो बहने अपने भाईयों से दूर हैं और उनके साथ मिलकर राखी का पर्व नहीं मना पा रही हैं वे वर्चुअल माध्यम से अपने भाईयों को श्भकामनाएं प्रेषित करेंगी और इसी माध्यम से बहन भाईयों के बीच संवाद होगा इस बार की राखियों में पर्यावरण संरक्षण सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश भी प्रचारित और प्रसारित होगा वहीं इंदौर में खासतौर पर रक्षाबंधन पर्व के लिये बाजार खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी है दूसरी ओर बहनों द्वारा भाईयों के लिये डाक से भेजी गई राखियों को पहुंचाने के लिये डाक विभाग भी पूरी तत्परता दिखा रहा है मौसम बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं लेकिन तेज बारिश का अभी भी इंतजार है राजधानी भोपाल में बादल छाये रहे लेकिन बारिश नहीं हुई

भोपाल होशंगाबाद छिंदवाड़ा बैतूल सीहोर शाजापुर में अच्छी वर्षा होने की संभावना है इसके अलावा राजगढ रतलाम नीमच बड़वानी खरगोन बुरहानपुर और खंडवा में भी अच्छी बारिश के आसार हैं पूर्वी मध्यप्रदेश के कई जिलों के अलावा बुंदेलखंड में बौछारें पड़ सकती हैं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

नमस्कार